भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दोपहर बाद महाराजगंज पहुंचे जहां उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद पंकज त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी उन्होंने परिवार को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया पार्टी द्वारा हापुड़ में आयोजित श्रद्वांजलि सभा में विदेश राज्यमंत्री जनरल वीकेसिंह ने भाग लिया शहीदों को नमन करने के बाद जनरल सिंह ने कहा कि इस आतंकी घटना से लोगों में भारी रोष है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विश्वास दिलाया है कि इस हमले का सही समय पर मुहतोड़ जवाब दिया जायेगा मेरठ में आयोजित श्रद्धांजलि और सकल्प सभा में स्थानीय सांसद राजेन्द्र अग्रवाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिये दो मिनट का मौन रखकर संकल्प लिया कि आतंकवाद के खिलाफ कार्यकर्ताओं का संघर्ष जारी रहेगा गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डेय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने में शामिल हुये और आतंकवाद से मिलकर मुकाबला करने का संकल्प लिया उधर बलरामपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के विरोध में संकल्प दिवस मनाया नगर के अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद पार्क में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवाना को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये आतंकवाद के खिलाफ एकज्टता दिखाई

जौनपुर में आयोजित संकल्प सभा में भाजपा सांसद कृष्ण प्रताप सिंह ने शहीद सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद कहा कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा और स्वाभिमान से किसी भी तरह समझौता नहीं करेगी सभा में नगर विकास राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव व जन प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुये अमरोहा ज़िले के गजरौला और मऊ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की इसके अलावा विभिन्न संगठनों ने आतंकवाद का पूतला फूंका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार तकनीको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये निरंतर काम कर रही है श्री योगी आज लखनऊ स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान लैपटॉप वितरण और पचहत्तर परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के सभी क्षेत्रों के उन्नयन के लिये प्रयासरत है श्री योगी ने कहा कि समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान में इनोवेटिव आइडियाज़ की बड़ी भूमिका है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीक को अपना कर पूरी पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ दे रही है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्राविधिक शिक्षा विभाग की नवीन वेबसाइट और स्टेट ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल का शुभारम्भ भी किया

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये प्राविधिक शिक्षा मंत्री आश्रतोष टंडन ने कहा कि वर्तमान सरकार में राज्य में विकास को नई गति मिली है और शिक्षा में बेहतरीन सुधार हुआ है उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बस्ती जनपद के गौर में आज एक सौ अट्ठाइस करोड़ रूपय लागत की कई परियोजनाओं का लाकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है आगामी सत्ताइस फरवरी को सभी गांवों को जोड़ने के लिये पच्चीस हज़ार करोड़ रूपये की सड़क परियोजनाओं की शुरूआत अपने अपने क्षेत्रों में सांसद और विधायक करेंगे उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में सड़कों का बजट अधिक होने के बावजूद उन्हें मानका के अनुरूप नहीं बनाया जाता था जबकि वर्तमान सरकार कम लागत में अच्छी सड़कें बनवा रही हैं कार्यक्रम से पूर्व श्री मौर्य ने शहीदों को नमन किया इस अवसर पर सांसद हरीश द्विवेदी ने भी लोगों को सम्बोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बस्ती ज़िले में निर्माणाधीन मुंडेरवा चीनी मिल का निरीक्षण किया इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को चीनी मिल का निर्माण कार्य जल्द पूरा करा कर इसका ट्रायल कराने का निर्देश दिया श्री योगी ने कहा इस चीनी मिल के शुरू हो जाने से इलाक़े के किसानों को फ़ायदा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे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

देश की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का व्यावसायिक परिचालन आज से शुरू हो गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसे झंडी दिखाकर रवाना किया था यह रेलगाड़ी दिल्ली और वाराणसी के बीच की दूरी सिफ आठ घंटे में तय करेगी इस दौरान यह कानपुर और प्रयागराज स्टेशनों पर भी रूकेगी सोमवार और वृहस्पतिवार को छोड़कर हफ्ते के शेष सभी दिन लोगा को इस ट्रेन की सेवायें और सुविधायें हासिल रहेंगी गति सुरक्षा और सुविधा इस नई ट्रेन की खास पहचान है इसमें कुल सोलह वातानुकूलित डिब्बे होंगे और सभी डिब्बों में विभिन्न आध्निक सुविधाओं के साथ साथ पैन्ट्री भी उपलब्ध कराई गई है ट्रेन म एक हजार एक सौ अट्ठाइस यात्री सफर कर सकते हैं मेक इन इंडिया की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुये रेलगाड़ी के अधिकांश हिस्सों का डिजाइन और निर्माण देश में ही किया गया है केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के भारत के मन की बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार्यक्रम के तहत प्रबुद्धजनों से मुलाकात की और उनसे आगामी लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर चर्चा की उनके साथ पार्टी के संगठन मंत्री रामलाल भी मौजूद थे श्री नकवी ने कहा कि आम जनमानस के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुये पार्टी कार्यकर्ता उन्हें सरकार द्वारा किये गये कार्यो की जानकारी दें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न वरिष्ठ मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर रहे हैं

प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल एसटीएफ ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक अन्तर्राज्योय गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है एसटीएफ ने कल देर रात हरदोई ज़िले के संडीला थानान्तर्गत लखनऊ हरदोई रोड पर गिरोह के चार लोगों को छह सौ पैंसठ पेटी अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया है यह सभी हरियाणा और अरूणाचल प्रदेश से अवैध शराब लखनऊ के मलिहाबाद ला रहे थे